कल एक साथ पांच लोगों को इलाज के बाद दी गयी छुट्टी

प्रदेश में लगातार पिछले दो दिनों से कोरोना का एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं मिला है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिलहाल बत्तीस पर स्थिर बनी हुई है राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार कल सात सौ आठ मरीजों के नमूनों की जांच हुई जिसमें सभी रिपोर्ट निगेटिव आयी है प्रदेश में अब तक कुल तीन हजार छह सौ नवासी सैंपल की जांच की गयी है इधर कल पटना के एनएमसीएच में भर्ती पांच कोरोना संक्रमितों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी इनमें से चार सिवान के और एक पटना का है राज्य में अब तक नौ मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं एक मरीज की मौत हुई है इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार हजार दो सौ इक्यासी हो गयी है इनमें से तीन सौ अठारह को उपचार के बाद छोड़ दिया गया है जबकि एक सौ ग्यारह लोगों की मौत हो चुकी है राज्य सरकार ने क्षेत्र विशेष में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों का निर्धारण कर दिया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि नालंदा मेडिकल कालेज अस्पताल में पटना तिरहुत दरभंगा मुंगेर और सारण प्रमंडल के मरीजों का इलाज होगा हालांकि इसमें कैमूर और रोहतास जिले को शामिल नहीं किया गया है इन दोनों जिलों समेत गया और मगध प्रमंडल के मरीजों का इलाज गया स्थित अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में होगा वहीं भागलपुर स्थित जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भागलपुर पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है

राज्य सरकार के निर्देश पर अस्पताल में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करावायी जा रही हैं गौरतलब है कि पटना स्थित एनएमसीएच में भी अभी सिर्फ कोरोना संक्रमितों का ही इलाज हो रहा है राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे एक लाख तीन हजार पांच सौ उनासी प्रवासी बिहारियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग दस करोड़ छत्तीस लाख रुपये की राशि भेजी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये राशि हस्तांतरित की बिहार देश का पहला राज्य है जिसने बाहर फंसे अपने लोगों को सहायता राशि उपलब्ध करायी है लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हए राज्य सरकार ने प्रवासी बिहारियों को एक एक हजार रुपये मदद देने का फैसला किया है इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग की वेबवाइट अपदा डॉट बिहार डॉट एसी डॉट इन पर एक लिंक दिया गया जिससे लोग संबंधित एप डाउनलोड कर सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार ने ड्यूटी से गायब रहने वाले एक सौ अंठानवे चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है इन सभी पर छुट्टियां रद्द रहने के बावजूद सेवा से गायब रहने और अन्य लापरवाही के आरोप हैं इनमें से छिहत्तर चिकित्सा पदाधिकारियों से तीन दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार इन सबों पर डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट दो हजार पांच और एपीडेमिक डिजीज एक्ट अठारह सौ संतानवे के तहत कार्रवाई की जायेगी इधर विभाग ने गोपालगंज लखीसराय दरभंगा सीतामढ़ी कटिहार और किशनगंज समेत सोलह जिलों के सिविल सर्जन का तबादला कर दिया है केन्द्र सरकार ने कोविड उन्नीस महामारी के प्रबंधन के लिए राज्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधि से अतिरिक्त तीन हजार करोड़ रूपए जारी किए हैं इससे पहले इस निधि से ग्यारह सौ करोड रुपये जारी किए जा चुके हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली इसकी जानकारी दी उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान देशभर में अब तक सोलह लाख चौरानवे हजार मीट्रिक टन अनाज का परिवहन किया गया

गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि लॉकडाउन के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता संतोषजनक है संयुक्त सचिव ने कहा कि तब्लीगी जमात से जुड़े लोगों की पहचान के लिए देश भर में अभियान चलाया जा रहा है

इसके अलावा हरियाणा के पांच गांव जहां पर ये फोरन नेशनल टी जे नेशनल वर्कर रहे थे उनको भी सील करके क्वारंटाइन कर दिया गया है

राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी राहत केन्द्रों और क्वारेंटिन सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिये हैं वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने प्रदेश भर में क्वारेंटिन सेंटर के लिए अतिरिक्त सात हजार कक्ष की व्यवस्था करने का निर्देश दिया केन्द्र सरकार ने एक बडे अखबार में छपे संपादकीय को आधारहीन बताया है जिसमें यह कहा गया था कि आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जायेगा सरकार ने कहा है कि यह मोबाइल एप्लिकेशन किसी भी संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के साथ उपयोगकर्ता के स्थान और उसके डेटा को आपस में नहीं जोड़ता है साथ ही इससे किसी तरह की हैकिंग का खतरा भी नहीं है यह ऐप केवल कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित होने के खतरे के आकलन के लिए तैयार किया गया है केंद्र ने कोविड उन्नीस महामारी पर नियंत्रण के लिए नेशनल पार्क वन्य जीव अभयारण्यों और बाघ संरक्षण अभयारण्यों के बारे में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है बाघों के कोविड उन्नीस से संक्रमित होने की हाल की खबरों के मद्देनजर पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा है उन्हें मानव से पशुओं में और पशुओं से मानव में वायरस को फैलने से रोकने के त्रंत उपाय करने को कहा गया है पशुओं से मनृष्यों के सम्पर्क को सीमित करने और वन्य जीव अभयारण्यों बाघ संरक्षण अभयारण्यों और नेशनल पार्क में लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने को कहा गया है इधर पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में सतर्कता बढ़ा दी गयी है सभी कर्मियों को चिड़िया घर के अंदर ही क्वारेंटिन कर दिया गया है निदेशक अमित कुमार ने बताया कि सभी जानवर स्वस्थ है और उनपर गहन निगरानी रखी जा रही है

खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि शिफ्ट में अनाज का वितरण होगा उन्होंने बताया कि सुबह सात बजे से दस बजे तक बुजुर्गों को राशन दिया जायेगा जबकि दोपहर दो बजे से चार बजे तक का समय महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप राशन कार्डधारियों के बीच मुफ्त अनाज वितरण के लिए तीन महीने का अनाज सभी जिलों को भेज दिया गया है साथ ही सरकार ने दाल की भी व्यवस्था कर ली है राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केन्द्रों को सूखा राशन वितरित करने की अनुमति दे दी है समाज कल्याण विभाग ने कहा है कि जिन केन्द्रों पर राशन उपलब्ध है वहां इसका वितरण किया जा सकता है लाभुकों को पन्द्रह दिनों के अंतराल पर केन्द्र पर बुलाये जाने की व्यवस्था की गयी है रेलवे ने कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के लिए दो हजार पांच सौ डिब्बों को आइसोलेशन कोच बना दिया है किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए चालीस हजार आइसोलेशन बिस्तर तैयार हैं

इसमें कहा गया है कि सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए वकीलों और वादियों प्रतिवादियों की भीड़ से बचा जाए न्यायालय ने कहा कि इस महामारी के कारण सुरक्षित दूरी बनाए रखना आवश्यक है यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अदालतों के परिसर वायरस फैलने का कारण न बनें जीवन बीमा परिषद् ने कहा है कि बीमा कंपनियां कोविड उन्नीस के कारण हुई मौत में दावों के निपटारे के लिए बाध्य है परिषद् ने कहा कि ऐसे दावों के मामलों में फोर्स मेजर का प्रावधान लागू नहीं होगा फोर्स मेजर का अर्थ है ऐसी अप्रत्याशित दशाएं जब समझौते का पालन बाध्यकारी नहीं होता है परिषद् के महासचिव एस एन भट्टाचार्या ने कहा कि बीमा उद्योग यह तय करने के लिए उपाय कर रहा है कि लॉकडाउन में पॉलिसीघारकों को कम से कम दिक्कत हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों के तनाव को दूर करने के लिए स्वास्थ्य हेल्पलाइन तैयार करे आयोग के सचिव रजनीश जैन ने कुलपतियों को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड उन्नीस के कारण उत्पन्न मौजूदा स्थिति में पढ़ाई स्वास्थ्य और अन्य मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों के किसी भी तरह के तनाव का निवारण करना जरूरी है नई दिल्ली स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा है कि यह धारणा गलत है कि केवल बुजुर्गों को ही कोविड उन्नीस से खतरा है उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी आयु वर्ग के लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए तथा सामाजिक दूरी और स्वच्छता की सलाह माननी चाहिए

टिशू पेपर रखें रूमाल रखे कोहनी रखे बचाव करे

तो उसका आप तक पहंचने का अंदेशा बहुत कम हो जाता है

हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वायरस है वो साबून पानी द्वारा निकलता रहेगा और उसके साथ साथ अगर जरूरत समझे या पानी नहीं हो तब आप सैनिटाइजर इस्तेमाल भी कर सकते हैं

तो आप सब के सहयोग की जरूरत है क्योंकि भारत को अगर बचाना है हर एक नागरिक को यहां पर अगर बचाना है तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम में जुडिए तो एक छोटी सी विनती है मेरी आप सबसे आप स्वस्थ रहिए सुखी रहिए बट घरों में बने रहिए और सबके लिए दुआ करिए जो इस बीमारी से जुझ रहे हैं कि वे जल्दी से ठीक हों और ये भी दुआ करिए कि नर्सिस डॉक्टर पुलिस वाले इस काम में जुटे हुए हैं दिन रात अपने परिवारों को छोडकर उनके वेल बींग की भी आप दुआ करिए क्योंकि दुआए जो हैं बहुत कुछ बदल सकती हैं और जरूर बदलेंगी और ये जंग हम जरूर इकट्टे मिलकर जीते सकते हैं गया स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसोलेशन वार्ड में भर्ती दो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करने पहुंचे में दो फर्जी डाक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है पीएमसीएच में कोरोना के अलावा अन्य गंभीर रोगियों को आज से ओपीडी में देखा जायेगा अधीक्षक डॉक्टर विमल कारक ने बताया कि मरीजों का ऑपरेशन भी होगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए किये जा रहे उपायों को आज के सभी समाचार पत्रों ने अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है बाहर फंसे लोगों को सहायता राशि देने में बिहार अव्वल

प्रभात खबर आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने सांसद निधि अगले दो वर्षों के लिए बंद करने और सांसदों के वेतन में तीस प्रतिशत कटौती से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

कल एक साथ पांच लोगों को इलाज के बाद दी गयी छुट्टी